प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान सभा में सरदार पटेल ने मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया जिससे जाति और संप्रदाय के नाम पर भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं बची श्री मोदी ने कहा कि सरदार पटेल ने देसी रियासतों को एक करने का एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक काम किया

उन्होंने कहा कि रन फॉर यूनिटीयानी एकता के लिए दौड़ इस बात का प्रतीक है कि हमारा देश एक है और इसका उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण करना है सेना दिवाली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर तैनात सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत उनके साथ मौजूद रहे

प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व की सबसे ऊंची रणभूमि सियाचीन में भारतीय जवान न केवल सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं बल्कि वे स्वच्छ सियाचीन अभियान भी चला रहे हैं

इसे अन्नकूट भी कहा जाता है इस दिन भगवान कृष्ण गोवर्दधन पर्वत और गायों की पूजा का विधान है

इधर कुल्लू स्थित भगवान रघ्नाथ के मंदिर मैं आज अनकूट का पर्व ध्मधाम से मनाया जाएगा इस दिन भगवान को नए अनाज का भोग लगाया जाता है तथा पकाए हुए चावलों के ढेर पर रघुनाथ जी को बिठाकर उसे प्रसाद के रूप में भक्तों को वितरित किया जाता है यह दिन नई फसल के आगमन के रूप में भी मनाया जाता है

प्रदेश मंडलीय अग्निशमन अधिकारी धर्मचंद शर्मा ने बताया कि इन आगजनी की घटनाओं में अभी तक किसी भी तरह के बड़े नुक्सान की कोई सूचना नहीं मिली है शिमला में अनाडेल के समीप गोल पहाड़ी के जंगल में लगी आग पर दमकल विभाग द्वारा काबू पा लिया गया है उधर दूसरी ओर कुल्लू में आगजनी की छुटपुट घटनाएं भी सामने आई हैं कुल्लू से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि कुछ जगहों पर गांव में घास के कोठों में व जंगलों में आग लगने की घटना हुई वही मनाली के निकट ब्रान गांव में एक मकान में रखे घास में आग लग गई दमकल विभाग के कर्मियों ने समय पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और मकान को जलने से बचा लिया दुर्घटना मनाली रोहतांग मार्ग पर कल शाम राहनी नाला के समीप एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई मृतकों की पहचान करसोग के टिकेश कुमार और सुंदरनगर के दिनेश भारद्वाज के रूप में हुई है पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए मनाली पहुंचाया गया है

एसपी गौरव सिंह ने बताया कि इस अभियान में प्रियंक गुप्ता को नोडल अधिकारी बनाया गया है उन्होंने कहा कि इस विशेष अभियान को सफल बनाने के लिए सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं

उन्होंने उप जिला शिक्षा अधिकारी को कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर सभी स्कूली बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने व निजी शिक्षण संस्थानों स्कूल प्रबंधन के साथ इस विषय पर समन्वय स्थापित करने को भी कहा